भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा इन्टरनेट और मोबाइल एसोसिएशन लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम तक आचार संहिता लेकर आएंगे वस्तु और सेवाकर परिषद ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंजूरी दी नई दरें एक अप्रैल से लागू होगी प्रदेश में आज से होली के दो दिवसीय पर्व की शुरूआत आज होगा होलिका दहन न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष देश के पहले लोकपाल बना दिए गए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी लोकपाल पैनल चार न्यायिक और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इनके नामों की सिफारिश की थी लोकपाल के जांच के दायरे में प्रधानमंत्री मंत्री सांसद से लेकर केन्द्र सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी आएंगे

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनने के पांच साल बाद ये नियुक्ति हुई है प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में मोहम्मद सफी शाह और हिजबुल मुजाहिदीन के छह अन्य आतंकवादियों की एक करोड़ बाईस लाख रुपये की तेरह सम्पत्तियों जब्त की हैं धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मोहम्मद सैयद सलाहृद्दीन और अन्य लोगों के खिलाफ जारी जांच पड़ताल के सिलसिले में यह सम्पत्तियां जब्त की गयी हैं निदेशालय का कहना है कि जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि हवाला और अन्य माध्यमों से आतंकवादी गतिविधियों के लिए अवैध धन भारत भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रियां अंतिम चरण में है

इसमें प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गृह मंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए इधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की छठी सूची जारी कर दी है भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम तक आचार संहिता लेकर आएंगे यह निर्णय सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कल नई दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ इन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया गया चुनाव आयोग ने केल फेसबुक और ट्विटर सहित इन्टरनेट कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीं बैठक में लगभग सभी सोशल मीडिया वेबसाइटों के प्रतिनिधि मौजूद थे गौरतलब है कि आयोग ने कहा है कि देश के इंटरनेट और मोबाईल संगठनों तथा सोशल मीडिया से जुड़े माध्यमों के साथ सलाह मशविरे से आचार संहिता तैयार की जा रही है निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सेना की गतिविधियों को राजनीतिक प्रचार में शामिल नहीं करने को कहा है आयोग ने इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को परामर्श जारी किया है इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को सलाह दी जाती है कि उनके प्रचारकों और उम्मीदवारों को ऐसे कार्यो से दूर रहना चाहिए निर्वाचन आयोग ने अपने पहले के परामर्श का भी हवाला दिया जिसमें उसने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों और नेताओं को चुनाव प्रचार में रक्षाकर्मियों की तस्वीरों और उनसे जुड़ी कार्रवाईयों की तस्वीरों को विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनैतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की अनुमति जारी करने के लिए जयपुर में एकल खिड़की प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी कर नियंत्रण अधिकारी और सह नियंत्रण अधिकारी को निय्क्त किया है जारी आदेशों के अनुसार अनुमति जारी करने का काम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं में जागकता के लिए हो रहे नवाचारों के तहत कल बूंदी में महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने एक रौचक कार्यक्रम आयोजित किया इसमें मंगलगीत गाये गए और मतदान करने का संदेश दिया गया

बैठक में सवाईमाधोपुर के जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक तथा मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया इस दौरान अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र में पोलिंग बूथ के संबंध में और सुरक्षा संबंधी बिन्द्रओं पर चर्चा की गई

वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव ए बी पांडे नें समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नए कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा

अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच प्रतिशत कर दी गयी

भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख अनिल बलूनी ने यह जानकारी दी श्री मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के पहले नमो ऐप पर भी देशवासियों र्स संवाद करेंगे प्रदेशभर में आज आज से होली के दो दिवसीय पर्व की शुरूआत हो गई है आज पहले दिन प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर होलिका का दहन होगा घर घर में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे कल ध्रलंडी पर रंगोत्सव मनाया जाएगा पर्व को लेकर प्रदेशवासियों में हर बार की तरह विशेष उत्साह देखा जा रहा है खासतौर पर बच्चों में इस त्योहार को लेकर ज्यादा उल्लास है बाजारों में रंगों और गुलाल के साथ साथ आकर्षक पिचकारियों से दुकाने सजी हुई है

होली के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयप्र के प्रांगण में कल संगीत संध्या फागुनी फुहार का आयोजन किया गया यह पहला मौका है जब दशकों के बाद आकाशवाणी जयपुर द्वारा अपने प्रांगण में ही इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ संगीत संध्या की शुरूआत गुलाबो सपेरा पार्टी के धूमर नृत्य से हुई इसके बाद राधावल्लभ सक्सैना डॉ विजेन्द्र गौतम और प्रो सुमन यादव ने अपनी प्रस्तुतिया दी